पुणे में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि छोटे और माइक्रो उद्योगों के सुधार और रोजगार के अवसर जुटाने के वास्ते इस वर्ष के बजट में समुचित प्रावधान किया गया है राफेल विमान प्राप्त करते समय शस्त्र पूजन को उचित ठहराते हुए निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह हमारी परम्परा है जिसका पालन करना किसी तरह गलत नहीं है अनुछेद तीन सौ सत्तर हटाए जाने पर विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले का देशभर में व्यापक स्वागत हुआ है वित्तमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार प्रगतिशील है और हम केन्द्र राज्य सहयोग के माध्यम से विकास की गति बढ़ा रहे हैं उन्होंने बताया कि सांगली और कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने समय पर सहायता उपलब्ध कराई सीतारामन ने सिंचाई क्षेत्र में देवेन्द्र फडणवीस सरकार के शानदार कार्य की सराहना की भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला आज नई दिल्ली में शुरू हो गया तीन दिन का यह मेला सहकारी समितियों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के बड़े मंच की भूमिका निमाएगा और इससे गांवों और किसानों की समृद्वि बढ़ेगी मेले में छत्तीस देशों के संगठन भाग ले रहे हैं इसका उद्घाटन करते हुए क्रषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सहकारिता भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है उन्होंने बताया कि इस मेले में भारत की डेढ़ सौ से ज्यादा सहकारी समितियां हिस्सा ले रही हैं उन्होंने कहा कि डिलीवरी और हाट व्यवस्था जैसी चुनौतियों पर चर्चा करने का यह ऐतिहासिक अवसर है भारत ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले बच्चों के बारे में दुष्प्रचार करने के लिए पाकिस्तान की निन्दा की है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पॉलोमी त्रिपाठी ने यह बात कही वे महासभा की एक समिति के सत्र में बाल अधिकारों की सुरक्षा और संवर्दन विषय पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की दूत मलिहा लोधी की टिप्पणी का जवाब दे रही थीं प्रदेश में आगामी इक्कीस अक्टूबर को ग्यारह विधानसभा सीटों के लिये होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार गतिविधियां तेज हो गयी हैं इन सीटों के लिए एक सौ दस प्रत्याशी मैदान में हैं जिन सीटों के लिये उप चुनाव होने हैं वे हैं सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इग्लास सुरक्षित सीट लखनऊ कैंट कानपुर की गोविंदनगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैदपुर सुरक्षित सीट अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा सुरक्षित सीट और मऊ जनपद की घोसी सीट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से पहला राष्ट्रीय हिन्दी विज्ञान लेखक सम्मेलन शुरू हुआ इसका उद्देश्य हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन को बढ़ावा देना है सम्मेलन के संयोजक और राष्ट्रीय विज्ञान लेखक संघ के सचिव डाक्टर वी पी सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि देशभर से विज्ञान लेखन के क्षेत्र में हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा के लिए विज्ञान लेखक आज यहां एकत्रित हुए हैं सम्मेलन में विभिन्न बैठक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें विज्ञान लेखन की विभिन्न विद्याओं जैसे प्रौद्योगिकी तकनीक और अभियांत्रिकी स्वास्थ्य और चिकित्सा तथा शोघ के क्षेत्र में लेखन को प्रोत्साहित करने पर विचार हो रहा है

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष डाक्टर राज नारायण शुक्ल ने आकाशवाणी को बताया कि यह मंच सभी विज्ञान लेखन और लेखकों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डाक्टर महेंद्रनाथ पांडे कल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेक्क नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी है श्री मोदी ने कहा कि ये महान समाजसेवी और देशभक्त नानाजी को उनकी जयंती पर नमन करते हैं प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी है प्रदेश के दो अलग अलग स्थानों पर हुयी सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि चार अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये पहली दुर्घटना बुलंदशहर के नरोरा क्षेत्र में हुयी जहां एक बस ने सड़क के किनारे सो रहे सात तीर्थयात्रियों को कुचल दिया मरने वालों में तीन बच्चे और चार महिलायें शामिल हैं वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समी तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी का दर्शन कर के लौट रहे थे प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में हुयी एक दूसरी सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि चार अन्य गम्मीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना तब हुयी जब वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रही एक कार कल देर रात एक मिनी ट्रक से टकरा गयी दुर्घटना में घायल सभी छः कार सवारों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया